जयराम सरकार का ये चौथा बजट है उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में रोजगार पर अधिक फोकस होगा और क्रषि बागवानी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी नई योजनाएं बजट में आ सकती हैं इस बीच विधानसभा से आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल पर बजट सत्र का सीधा प्रसारण किया जाएगा जिसे आकाशवाणी के धर्मशाला और हमीरपुर केंद्र भी रिले करेंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है ताकि उन्हें पूरे विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य बनाया जा सके प्रधानमंत्री कल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्द्वन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा नीति आयोग के वैबिनार को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत उत्पादन को बल देने के लिये उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये की गई है उन्होंने ये भी कहा कि ये योजना उद्योगों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने रोजगार सृजन और आय में बढ़ोतरी करेगी एयर बैग केन्द्र सरकार ने अब गाड़ियों में चालक के साथ वाली सीट के लिये एयर बैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष एक अप्रैल से तैयार किये जाने वाले नए मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये भी एयरबैग की व्यवस्था करनी होगी

उन्होंने कहा कि इस योजना से संतोषगढ़ की पांच हजार आबादी को लाभ पहुंचेगा सत्ती ने कहा कि हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सक्षम नीतियों कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिये जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है प्रधानमंत्री ने सेरावीक पुरस्कार देश के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध परम्परा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है ट्रटा गतिरोध बिना शर्त पांच सदस्यों का निलंबन निरस्त सदन में लौटा विपक्ष दिव्य हिमाचल का शीर्षक है पांचों कांग्रेस विधायकों का निलंबन रद्द सत्तापक्ष विपक्ष में बनी सहमति अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है लोकतंत्र में विपक्ष का सदन में होना जरूरी विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है विकास दर गिरी प्रति व्यक्ति आय भी लुढ़की हिमाचल दस्तक का शीर्षक है आर्थिकी धड़ाम प्रति व्यक्ति आय भी गिरी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल की अर्थव्यवस्था को निगल गया कोरोना सकल घरेलू उत्पाद माइनस छह दशमलव दो फीसदी आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय घटी ट्ररिज्म को भी भारी नुकसान

जयराम सरकार का चौथा बजट आज होगा पेश शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है बजट पर नजर आएगा कोरोना का साया घाटा कम करना मुश्किल वहीं हिमाचल दस्तक की सुर्खी है जयराम सरकार का चौथा बजट आज रोजगार पर होगा फोकस तीन हफ्ते में मंडी के पंचायती चुनाव से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएं हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिये आदेश दैनिक भास्कर की खबर है हिमाचल दस्तक की एक खबर है स्वां में अवैध खनन की होगी जांच हाईकोर्ट की पूर्व जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित